श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार कंसलटेटिव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार को राज्य के लोगों की कैब पर चिंताओं से अवगत करायेगी मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नगा मुद्दे पर अंतिम निर्णय से पहले अरुणाचल प्रदेश असम सहित नागालैंड से लगे भी सभी राज्यों की सरकारों को विश्वास में लेने के केंद्र सरकार के बयान का स्वागत किया है कल ईटानगर में संवाददाताओं द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में श्री खांडू ने कहा कि इस मुद्दे पर भी राज्य सरकार सभी राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ विचार विमर्श करेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी वन्य जीवों के संरक्षण के लिये ईस्ट सियांग जिले के रुने गांव के लोगों ने राज्य के लोगों के लिए एक अनोखी मिशाल कायम की है इस गांव के बारह लोगों ने शिकार करने वाली अपनी एयर गन स्थानीय वन विभाग को सौंप दी है रुने गांव में कल आयोजित एक कार्यक्रम में जिला वन अधिकारी तासी मिजे आदी बाने केबांग के महासचिव ओकोम योसुंग आदी बाने केबांग के ईस्ट सियांग जिले के महासचिव तालूत सिरम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ईस्ट सियांग जिले के महामंत्री शिवानंद वैराजी तथा अंचल के गाव बूढ़ा सहित कई गणमाण्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस गांव के लोगों ने अपना एयर गन वन विभाग को सौंप दिया ग्रामीण ने शिकार न करने और वन एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना योगदान देने की शपथ ली है वन विभाग के डीएफओ तासी मिजे ने कहा है कि वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग जरुरी है राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स के कुलपति साकेत कुशवाहा ने रिसर्च फेलोशिप का सद्रपयोग करने की अपील की है विश्वविद्यालय में आयोजित ई लिट्रेचर जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री कुशवाहा ने शोध करने वाले छात्रों को किताबें खरीदने का सुझाव दिया

इससे पहले विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के सदस्यों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली का शुभारंभ किया गया अपर सुबनसिरी जिले के द्रंपोरिजों में मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष से प्राईमरी हेल्थ सेंटर दुंपोरिजो में लगाये गये इस स्वास्थ्य शिविर में स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गयी और उन्हें जरुरी परामर्श दिया गया इस शिविर का उद्घाटन द्रंपोरिजों के एस डी ओ मोईबा ताई ने जिला चिकित्सा अधिकारी ताजिंग ताकी की मौजूदगी में किया स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार द्वारा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक स्वास्थ्य जांच के लिए लगाये जा रहें मल्टी स्पेशियलिटी हेल्थ कैंप पर प्रसन्नता जताते हुए इसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभावी कदम बताया है इधर अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजों में क्लीन दापो ग्रीन दापो गैर सरकारी संगठन द्वारा हाल ही में वन्य जीव संरक्षण जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया संगठन ने लोगों से वन्य जीवों का शिकार न करने और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की है संगठन के अध्यक्ष रॉकी मोटु ने कहा कि सरकार ने आत्मरक्षा के लिए गन का लाइसेंस दिया है और इसका द्रुपयोग शिकार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक तारु गुसार सी ओ दुबोम अपांग फॉरेस्टर तदम याकर सहित कई अधिकारी मौजूद थे हाल में प्रधानमंत्री द्वारा शुरु किये गए फिट इंडिया अभियान की तर्ज पर असम के बोंगाईगांव जिला प्रशासन में प्रत्येक बुधवार को एक नई पहल शुरु की है इसका नाम पैदल कार्यालय जाना रखा गया है जिला प्रशासन्न द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रत्येक बुधवार को अपने कार्यालयों तक आने जाने के लिए कम से कम दो किलोमीटर पैदल चलना होगा यह व्यवस्था आज से लागू हो गई है